मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संकमण को रोकने के लिए ग्रामीणों क्षेत्रों में सैम्पलिंग और डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने के दिए निर्देश प्रदेश के कई जिलों में बारिश से बढ़ा सर्दी का असर मौसम विभाग ने उत्तरी जिलों में शीतलहर चलने की जताई संभावना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

मास्क पहनें दो गज की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखे हाथ और मुंह साफ रखें

राज्य निर्वाचन आयुक्त पीएस मेहरा ने सभी मतदाताओं से कोविड के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए मतदान की अपील की है श्री मेहरा ने बताया कि मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र लाना जरूरी होगा

कल भी नगर निकायों में बड़ी संख्या में नामांकन दाखिल किये गये भाजपा और कांग्रेस ने भी नगर निकायों के लिये अपने प्रत्याशी घोषित कर दिये हैं नामांकन पत्रों की जांच एक दिसम्बर को होगी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ग्रामीणों क्षेत्रों में सैम्पलिंग और डोट टू डोर स्कीनिंग करने के निर्देश दिए हैं

इस दौरान श्री गहलोत ने प्रदेश में वैक्सीन की तैयारियों पर भी चर्चा की

शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विद्यार्थियों और शोधार्थियों को उचित समय पर छात्रवृत्ति और फैलोशिप का भुगतान करने का निर्देश दिया है इसके लिए हेल्पलाइन भी शुरू करने को कहा गया है

मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि मनरेगा के अध्रे कार्यो को अभियान चलाकर पूरा करें

मुख्य सचिव ने कल ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं की अधिकारियों के साथ प्रगति की समीक्षा की

प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने से सर्दी का असर बढ़ गया है रबी फसल के लिये यह बारिश फायदेमंद मानी जा रही है